सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा सरकार किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

आज मुख्यमंत्री आवास पर कोरोना समीक्षा और कोरोना वैक्सीन की तैयारियों से सम्बंधित बैठक में ये निर्णय किया गया बैठक में फैसला किया गया कि कोरोना को लेकर सभी राज्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश आए हैं राजस्थान उनकी कड़ाई से पालना करेगा बैठक में कोरोना वैक्सीन की तैयारियों पर चर्चा करते हए मुख्यमंत्री ने पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि टीकाकरण के लिए अधिक से अधिक सेन्टर्स चिन्हित किये जाए और प्रदेश में हर जिले में ब्लॉक स्तर तक कॉर्डिनेशन सुनिश्चित किया जाए बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए अपील की कि प्रदेशवासी नए वर्ष का जश्न अपने घर में परिवार के साथ मनाएं भीड़भाड़ से बचें और आतिशबाजी न करें

जयपुर तथा जोधपुर में भी अब संकमण के मामलों में कमी दर्ज की गयी है

इनमें स्वास्थ्यकर्मी तथा पुलिस सेना और स्वच्छताकर्मी जैसे अग्निम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह टीका पचास वर्ष से अधिक आयू के लोगों को तथा पचास वर्ष से कम आयू के उन लोगों को भी दिया जाएगा जो कुछ अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता टीके की सुरक्षा और असर को लेकर है तथा इस विषय पर पूरी सतर्कता बरती जायेगी

केन्द्र के प्रभारी डॉ सुनील कशवाह ने बताया कि कोविड से ठीक हो चुके लोगों को एक ही छत के नीचे आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिंकित्सा होम्योपैथी और यूनानी पद्धति से इलाज मिल सकेगा भरतपुर के जिला आयुर्वेद अस्पताल में भी आज जिला कलेक्टर नथमल डिंडेल ने आयुष पोस्ट कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया

इसके साथ ही निकायों में चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न हो गई है दौसा नगर परिषद में कांग्रेस की कल्पना जैमन उपसभापति चुनी गई वहीं लालसोट और बांदीकुई नगरपालिका में भी कांग्रेस से उपाध्यक्ष चूने गये

वक्फ मंत्री सालेह मोहम्मद और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी सिरोही जिले के दौरे पर रहे उन्होंने विभिन्न विमागों के अधिकारियों बैठक ली और पिछले दो सालों में करवाए गए कार्यों की समीक्षा भी की इस दौरान विधायक संयम लोढा और पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया तथा जिले के कलक्टर और एसपी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने आज श्रीगंगानगर में जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक की

आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायाधीश महेश चन्द शर्मा ने पिछले दिनों संभागीय आयुक्त डॉ समित शर्मा द्वारा दौसा के जिला अस्पताल के निरीक्षण के बाद एक अखबार में छपी खबर पर संज्ञान लिया अपने आदेश में आयोग ने कहा कि चिकित्सकों द्वारा सरकारी कर्मचारी होते हुए अवैध कारोबार करने से जनता को ही नहीं सरकार को भी नुकसान होता है जो मानव हितों के विपरीत है चिकित्सकों का यह दायित्व है कि वे बीमार रोगी की निष्काम भाव से सेवा करें

एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई और कृषि उद्योग का विकास केन्द्र सरकार के इन प्रयासों में शीर्ष प्राथमिकता पर हैं

किशनगढ़ एयरपोर्ट से आज सूरत के लिए पहली उड़ान रवाना हुई

सूरत के लिए सप्ताह में सोमवार बुधवार और शुक्रवार को उड़ान उपलब्ध रहेगी

माउंट आबू में लगातार पांचवे दिन पारा जमाव बिन्दु से नीचे दर्ज किया गया आज वहां न्यूनतम तापमान शून्य से दो डिग्री सैल्सियस नीचे रहा